बैठक में महाकृम्भ मेले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुये हरिद्दार लाल पुल के पास रेलवे ओवर ब्रिज की स्वीकृति प्रदान की गयी इसके अतिरिक्त ऋषिकेश हरिद्दार डबल लेन बनाने पर स्वीकृति प्रदान करते हुए फास्ट ट्रैक सर्वे करने के निर्देश दिये गए

इस दौरान वरिष्ठ रेलवे अधिकारी नीरज शर्मा को नोडल अधिकारी कुम्भमेला अधिकारी नामित किया गया

बैठक में नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने केन्द्रीय मंत्री को बताया किय महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट और बेहतर यातायात प्लान के तहत श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर विशेष फोकस किया जाएगा श्री कौशिक ने केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्रीस्वतंत्र प्रभार मनसुख मांडविया से भी मुलाकात की केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ऋषिकेश से हरिद्दार के बीच मेला अवधि के दौरान वॉटर एम्बुलेंस चलाई जायेगी साथ ही फ्लोंटिग डिवाइस प्लेटफॉर्म स्नान की सुविधा के लिए स्थापित होगा समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि राज्य की आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए दीर्घकालीन योजना बनायी जाएंगी देहरादून में वित्त व नियोजन विभाग की सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष में केपीआई के आधार पर समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने रेवेन्यू प्राप्ति की सम्भावना वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने और कर चोरी को रोकने के लिए एनफोर्समेंट को मजबूत बनाने के निर्देश दिये उन्होंने सभी फाईनेंशियल सिस्टम को ऑनलाईन करने को कहा इसके अलावा उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए वित्त व कार्मिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रकोष्ठ बनाने के निर्देश भी दिये

उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड डीबीटी को लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में है राज्य के डीबीटी पोर्टल को डीबीटी भारत पोर्टल से जोड़ा गया है निशंक देहरादून केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि भारत पहले विश्व गुरू था देश को इसी स्थान पर लाने के लिए सरकार काम कर रही है देहरादून स्थित ओएनजीसी में भारत रत्न इंजीनियर सर मोक्षग्रंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम न पहले किसी क्षेत्र में कम थे और न ही अब ज्ञान विज्ञान और आध्यात्म हर क्षेत्र में देश शीर्ष पर रहा है उन्होंने कहा कि देश के विकास में इंजीनियर्स का महत्वपूर्ण योगदान है होनहार इंजीनियर्स ने देश को नई ऊंचाईयों पर पहुंचाया है इस अवसर पर प्रदेश में बेहतर काम करने वाले इंजीनियर्स को सम्मानित भी किया गया

इस अवसर पर अस्पतालों मे मरीजों को फल वितरण कम्बल वितरण के साथ ही रक्तदान व स्वच्छता पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की सफाई कर माल्यार्पण किया उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा स्वच्छता हमारे समाज व पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डालती है साथ ही अधिकांश बीमारियां गन्दगी के कारण होती है इसलिए हमे सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा एसडीआरएफ टीम रेस्क्यू उत्तराखंड राज्य आपदा मोचन बल यानि एसडीआरएफ की फ्लड टीम अपने अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पहुंची है जहां कल गोदावरी नदी की प्रचंड लहरों में नौका पलटने के बाद कई लोग अब तक लापता हैं एक समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड एसडीआरएफ की फ्लड टीम तेज बहाव वाली नदियों में तलाश और बचाव अभियान में पारंगत है पहले भी यहां की टीम बिहार और उत्तरप्रदेश में इस प्रकार के कार्य सफलतापूर्वक कर चुकी है फ्लड टीम सोनार सिस्टम अंडर वॉटर ड्रोन और रेस्टट्यूब जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है गौरतलब है कि कल हुई इस दुर्घटना के बाद आंध्रप्रदेश सरकार ने तलाश और बचाव अभियान में मदद के लिये उत्तराखंड एसडीआरएफ की टीम की मांग की थी आईआईटी रूड़की आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप के तहत भेड़ पालकों के लिए रोलर तैयार किया है जिससे भेड पालकों के नमदा बनाने में मदद मिलेगी नमदा बनाने का कार्य अधिकतर महिलाओं द्वारा किया जाता हैं जोकि इस काम को पैरों के माध्यम से करती हैं जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस रोलर मशीन से उनका कार्य आसान हो जाएगा और भेड़ पालकों को समय भी कम लगेगा

सीएम भेंट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में भारत दर्शन शैक्षिक भ्रमण पर जा रहे देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हाईस्कूल के टॉपर छात्र छात्राओं से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण से बच्चों को देश की संस्कृति रहन सहन और विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलेगी इससे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति भी तेजी से बढ़ेगी

इस योजना के तहत मेधावी छात्र छात्राओं को एक सप्ताह तक देशभर में भ्रमण कराया जायेगा जिसमें एक दिन की हवाई यात्रा भी शामिल है भ्रमण पर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को डेंग् डोज भी पिलाई

यह भ्रमण कार्यक्रम श्रीनगर से शुरू हुआ इस दौरान ये बच्चे आईएमए विज्ञान धाम एफआरआई पतंजलि योगपीठ मंसा देवी आईआईटी रूड़की और दिल्ली में विभिन्न स्थानों का भ्रमण करेंगे साथ ही भ्रमण के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रदेश की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला गृह मंत्री अमित शाह मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से भी मुलाकात करेंगे

पंचायत चुनाव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की बिक्री आज से प्रारम्भ हो गयी है चम्पावत जिले के चारों विकास खण्डों में ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लिए कई लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी टी एस मर्तोलिया ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं सभी विकास खण्डों में मतपत्रों की बिक्री शुरू हो गयी है चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारियों सहित सभी कार्मिको की नियुक्ति कर दी गयी है इससे पहले कल जिलाधिकारी एसएन पाण्डेय और पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र गुंज्याल ने जिले के चारों विकासखण्डों का भ्रमण कर पंचायत निर्वाचन के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया पूर्व सीएम भत्ते नैनीताल हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता और अन्य सुविधाओं में हुए खर्च को राज्य सरकार द्वारा माफ करने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई हुई